श्री नायडू आज ग्वालियर जिले के छियत्तर सरकारी स्कलों में सौ डिजिटल कक्षाओं का शुभारंभ करने पहंचे थे अब ग्वालियर जिला डिजिटल कक्षाओं की स्थापना के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी उदाहरण बन गया है गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल पर मुस्कान फाउण्डेशन और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से ग्वालियर में डिजिटल कक्षाओं की स्थापना हो रही है स्टार्ट अप कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं मध्यप्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करना चाहता हूँ दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे किया नहीं जा सकता यह बात उन्होंने आज भोपाल में स्टार्ट अप कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए कही श्री चौहान ने कहा है कि सातो स्मार्ट सिटीज में इन्क्यूवेशन सेण्टर स्थापित किये जायेंगे ै मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्क्यूवेशन सेण्टर में अच्छे उद्योगपति को शामिल किया जायेगा और उन्हें मेण्टर के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश को भारत के स्टार्ट अप हब के रूप में स्थापित करने के लिये कॉन्क्लेव में स्थापित उद्यमियों के साथ प्रदेश और अन्य राज्यों के युवा उद्यमियों को अपने विचार नवाचार और उत्पादों के विषय में बताने और प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभकान्त और प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह मौजूद थे

भवन ढहा ग्वालियर स्थित दर्पण कालोनी में कल देर रात एक तीन मंजिला इमारत की दीवार पास के मकान पर गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की दबकर मौत हो गई जबकि नौ लोग मलबे मे दबकर घायल हो गये बताया जा रहा है कि मृतकों में दो बॉक्सिंग खिलाड़ी और उनके माता पिता थे हमारे संवाददाता ने बताया कि रेफ़िजरेटर से गैस लीक होने के कारण लगी आग से हुआ धमाका इतना तेज था कि इमारत की दीवार बगल के मकान पर गिर गई

राहुल प्रवास प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पांच और छह अक्टूबर को महाकौशल के जबलपुर और कटनी के दौरे पर आयेंगे प्रदेश कांग्रेस समिति के एक पदाधिकारी ने बताया है कि श्री गांधी जबलपुर में रोड शो और जनसभा करेंगे गौरतलब है कि जबलपुर और कटनी भाजपा के गढ़ माने जाते हैं

इस कार्यक्रम में उन्होंने वनखेडी में दृधीनदी पर एक हजार पांच सौ अडसठ करोड़ रुपये की लागत से बांध का निर्माण और डोकरीखेड़ा स्थित बांध को देनवा नदी से जोड़ने की घोषणा की

दो दिवसीय इस आयोजन में देश भर के वैज्ञानिक मक्का की उपज और गुणवत्ता मक्का व्यवसाय आदि की नई संभावनाओं पर किसानों से चर्चा करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे इस मेगा कॉर्न फेस्टिवल को नवाचारों के साथ आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है ताकि छिन्दवाडा को कॉर्न सिटी के रूप में विकसित किया जा सके इस महोत्सव में युवा उद्यमी व्यापारी उपभोक्ता खाद्य व्यंजन निर्माता शोधकर्ता कृषि वैज्ञानिक और खाद्य उद्योगों से जुड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं गौरतलब है कि मक्का उत्पादन में छिन्दवाडा जिला प्रदेश ही नहीं देश के अग्रणी जिलों में शामिल है यहां कई किस्मों की मक्का का उत्पादन किया जाता है रक्तदान शिविर राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एक अक्टूबर को भोपाल में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जायेगा रक्तदान दिवस से एक महीने के लिये रक्तदान अभियान भी शुरू किया जायेगा

लोगों को एचआईव्ही एडस और रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिये समिति द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग और एनएसएस के माध्यम से महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लबों में भी रक्तदान शिविर होंगे

रेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है

खण्डवा में मतदान दलों को एक अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जायेगा